कोरोना वायरस से अब तक देश में तीन लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है तीसरी मौत महाराष्ट्र के मुंबई में आज हई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना को लेकर पैनिक नहीं देश में सतर्कता बढ़ी है

उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इसे नागरिकों से जुड़े प्लेट फॉर्म माईगोव पर साझा किया जाए माईगॉव ने एक बयान में कहा है कि लक्षण का पता लगाने के लिए समाधान बायो इन्फोर्मेटिक्स डेटाबेस और एप्लीकेशन कोरोनावायरस से लड़ने में मदद कर सकता है इसमें कहा गया है कि माईगॉव पर डाले गए समाधान का मूल्यांकन किया जाएगा और चयनित समाधान के निर्माताओं को पुरस्कृत किया जाएगा

इस संबंध में एक परामर्श राज्य सरकारों को भेजा गया है विद्यार्थियों को भी घर में ही रहने की सलाह दी गई है इस बीच केरल ओडिसा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चार नए मामले सामने के साथ ही देश में इस वायरस के एक सौ चौदह मामलों की पुष्टि हुई है कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में कोरोना वायरस के फैलाव पर नियंत्रण के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति ने सुरक्षा उपायों की समीक्षा की

यह नियम बुधवार से लागू हो जाएगा

लोगों को बड़ी समाओं में हिस्सा र्लेने से बचना चाहिए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

लोगों को खांसते और छींकते समय अपनी नाक और मुंह पर रूमाल अथवा टिश्यू पेपर रखना चाहिए इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर तत्काल बंद डिब्बो में फेंके जाने चाहिए

सरकार हर स्थिति की समीक्षा कर रही है वे कल विधानसभा भवन में कोरोना वायरस पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे

राज्य सरकार ने इस राष्ट्रीय महामारी से निपटने के लिए दो सौ करोड़ रुपये का आवंटन किया है

हेल्पडेस्क का निर्माण कर लगातार माइक से अनाउंसमेंट किया जा रहा है जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं और एसी ट्रेन बोगी में कंबल की सप्लाई अभी बंद कर दी गई है कोरोना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के बाद साहिबगंज जिला प्रशासन भी इससे निपटने के लिए अलर्ट है एनडीआरएफ भी जिले में कोरोना के खतरे से निपटने को लेकर लोगों को जागरूक करेगी संतोष कुमार के नेतृत्व में एनडीआरएफ की टीम साहिबगंज पहुंची है कोरोना सहित अन्य आपदा से बचाव के लिए यह टीम अठाइस मार्च तक जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी

भाजपा विघायकों ने लोहरदगा हिंसा मामले पर सरकार से जवाब मांगा और इस पर विधायक बंधू तिर्की की एक टिप्पणी पर भाजपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया काफी देर तक सदन में हंगामा होता रहा विधानसभा अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद हंगामा शांत हुआ राज्य सरकार ने पुलिस महानिरीक्षक कमल नयन चौबे का तबादला कर दिया है उनके स्थान पर होमगार्ड के डीजी सह अग्निशमन के महासमादेष्टा एमवी राव को डीजीपी का प्रभार दिया गया है वहीं कमल नयन चौबे को पुलिस आध्रनिकीकरण कैंप नयी दिल्ली का विशेष कार्य पदाधिकारी बनाया गया है

आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा पोषण रैली किशोरियों के साथ स्वास्थ्य पर बैठक सुपोषण दिवस सामूदायिक हाथ धोने के कार्यक्रम शिशु विकास प्रशिक्षण कार्य किये जा रहे हैं

बोकारो के चास स्थित कुपोषण उपचार केंद्र में एक दर्जन से ज्यादा कुपोषित बच्चों का इलाज चल रहा है शारीरिक रूप से कमजोर इन बच्चों को दवाइयों के साथ साथ आवश्यक पौष्टिक आहार भी अस्पताल द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है

भारत सरकार के वरीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में केन्द्रिय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चलाए जा रहे अभियान एवं विंकास कार्यों की समीक्षा की उन्होंने अभियान चलाने के लिए सुरक्षा बलों को रणनीतिक सलाह भी दी

संक्षिप्त खबरें आयकर विभाग ने कहा है कि आधार को पैन कार्ड से जोड़ना अनिर्वाय है

केन्द्रीय स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव सुनील शर्मा ने कल देवघर स्थित देवीपुर में निर्माणाधीन एम्स का निरीक्षण किया